रेल विभाग ने देश के विभिन्न राज्यों में अबतक चार हजार दौ सौ टन तरल चिकित्सकीय आक्सीजन पहुंचाई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत हरियाणा में उनासी लाख उनतालीस हज़ार टन खाद्यान का वितरण किया जा रहा है हरियाणा में आज तीस हजार लोगों को कोरोना से बचाव के लिए टीका लगाया गया आओ कोरोना को हराए कोविड उचित व्यवहार के पालन को जन आंदोलन बनायें कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और सभी पात्र लाभार्थी बेहिचक टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

ये राशि सभी राज्यों की ग्राम पंचायतों ब्लॉक समितियों व जिला परिषदों के लिए दी गई है

इस राशि मे से पंजाब को दो सौ पांच करोड़ बीस लाख तथा हरियाणा को एक सौ सत्तासी करोड़ रूपये जारी किये गये है रेल विभाग ने देशभर के विभिन्न राज्यों मे अबतक लगभग चार हजार दो सौ टन तरल चिकित्सकीय ऑक्सीजन पहंचाई है रेल मंत्रालय ने बताया कि अड़सठ ऑक्सीजन एक्सप्रेस गड़ियों ने अपनी यात्रा पूर्ण कर ली है मंत्रालय ने कहा कि रेल विभाग विभिन्न राज्यों में तरल चिकित्कीय ऑक्सीजन पहंचाने के इस राहत कार्य की जारी रहेगा

उच्च न्यायालय ने इस संबंध में भारत के अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल तथा पंजाब और हरियाणा के महाधिवक्ताओं के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के वरिष्ठ सरकारी वकील के सुझावों पर अमल करते हए ये निर्देश जारी किए हैं जो पंजाब हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर लागू होंगे इससे न केवल महामारी के दौरान न्यायालयों का काम का बोझ कम होगा बल्कि विभिन्न मामलों से सम्बन्धित आमजन को भी कुछ राहत मिलेगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज विश्वकवि रविन्द्र नाथ टैगोर को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्वांजलि अर्पित की नोबेल प्रस्कार विजेता टैगोर को याद करते हये श्री मोदी ने कहा कि इस विख्यात बहबिद्व के अन्करणीय आदश्र हम सभी को उनके सपनों के भारत का निर्माण की प्ररेणा व साहस दें रविन्द्र नाथ टैगोर की जयंती को बंगाली में पचीशे बोएशाख भी कहा जाता है कवि उपन्यासकार निबंधकार दार्शनिक व संगीतकार टैगोर साहित्य के उन चंद विशेषज्ञों मं से एक है जिनकी कृतियों से शायद ही कोई मानवीय भाव अछुता रहा है ग्रूदेव ने दो हजार से भी अधिक गीतों की रचना की जो रविन्द्र संगीत के नाम से जाता है

उन्हें ये प्रतिष्ठित सम्मान उनके काव्य संग्रह गीताजलि के प्रकाशन उपरान्त दिया गया

हरियाणा में मई माह का खादय आवंटन पंचक्ला सहित सभी जिलों में श्रू हो च्का है भारतीय खादय विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के महा प्रबंधक ओम प्रकाश ने बताया कि हरियाणा राज्य में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत कोरोना महामारी के कारण सभी लाभार्थियों को आर्थिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए पति माह प्रतिव्यक्ति पांच किलो खाद्यन म्फ्त प्रदान किया जा रहा है

इससे हरियाणा के एक करोड़ छब्बीस लाख लाभार्थियों से लाभ मिलेगा

हरियाणा के ग़ह शहरी स्थानीय निकाय एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश सरकार कोविड के मरीज़ों के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार हर कार्य पर रही है उन्होंने कहा कि कोविड महामारी की इस चूनौतीपूर्ण परिस्थितियों का हमे डटकर मुकाबला करना है उन्होंने ये भी बताया कि कोविड के इलाज के लिए राज्य सरकार दवारा अधिकृत राज्य के निजी अस्पतालों में भर्ती उपचारित मरीज़ों के लिए प्रतिदिन प्रति मरीज़ एक हजार हजार रूपये व अधिकतम सात हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है और ये राशि मरीज़ के अस्पताल से छ्ट्टी दी जाने के बाद अस्प्तालों के बैंक खातों में भेजी जायेगी राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाही ललती राम के निधन पर शोक व्यक्त किया है एक टवीटर संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि आज़ाद हिंद फौज के ललती राम के निधन के साथ भारत की आज़ादी को समर्पित एक जीवन कथा का भी अंत हो गया

मातु दिवस की श्भकामनायें देते हये हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री चौधरी कंवरपाल ग्र्जर ने कहा है कि मां जीवन के फूलों में खुशब् का वास है महान योद्धा महाराणा प्रताव व गोपाल कृष्ण गोखले को उनकी जयंती पर नमन करते हये शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें चरित्र की सरलता बौधिक क्षमता व देश के प्रति दीर्घकालीन स्वार्थहीन सेवा के लिए सदा स्मरण किया जायेगा

भिवानी में आज विभिन्न सामाजिक संगठनों ने महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हे श्रद्वास्मन अर्पित किए इस अवसर पर क्रेशर संघ् एसोसिएशन के अध्यक्ष मास्टर सतबीर रतेरा ने कहा कि महाराणा प्रताप जैसे योद्वा ने इतिहास में अपना नाम अजर अमर कर दिया कोरोना के खिलाफ जंग में डटे हरियाणा प्लिस उपाधीक्षक विरेन्द्र सिंह का कोरोनावायरस की चपेट में आने से आज निधन हो गया

वर्तमान में वे क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकरण नारनौल के सचिव पद पर तैनात थे